उन्होंने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र के आध्निकीकरण की सरकार की वचनबद्वता को प्रदर्शित करता है विधानसभा सत्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से श्रू हुआसत्र की श्रुआत में रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से चार बार के भाजपा विधायक गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष च्ना गया

नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने निर्विरोध निर्वाचन का प्रस्ताव रखा डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनका समर्थन किया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हआ अध्यक्ष का च्नाव होने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हआ राज्यपाल ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान दे रही है सड़क स्धार और उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है

वहीं प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये सिंचित क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में लम्बे समय के बाद कोरोना के नये मामलों में वृद्वि देखने को मिल रही है

होशंगाबाद जिले में आज से कोरोना वैक्सीन का द्रसरा टीका लगाया जा रहा है कटनी में सीएमएचओ ने जिला पंचायत सीईओ अतिरिक्त प्लिस अधीक्षक कटनी आय्क्त नगर निगम सहित अन्य विभागों को पत्र लिखकर शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिये हितग्राहियों का टीकाकरण कराने का अन्रोध किया है